्भाजपा कांग्रेस सहित विभिन्न राजनैतिक दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्ररी ताकत झोंकी विभिन्न स्थानों पर स्टार प्रचारकों की चुनाव सभा और रोड शो ्र प्रदेश में बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिलों में निगरानी समितियां बनाई गई

इस दौरान अभिनेता सनी देओल सूरतगढ चूरू और झुंझुनूं तथा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोड शो करेंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीकानेर संसदीय सीट र्से भाजपा प्रत्याशी अर्जुनराम मेघवाल के पक्ष में रोड़ शो करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर शहर संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगी इस दौरान प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित कई लोग मौजूद रहेंगे केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नेकवी भी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज श्रीगंगानगर और बीकानेर संसदीय क्षेत्र में चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी श्रीमहावीर जी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे

उन्होंने बताया कि इस अवधि में राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने जुलूस निकालने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा

इसके चलते कल भारतीय जनता पार्टी की ओर र्स वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में तीन जगह सभाएं कीं वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने भरतपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बीकानेर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश में मजबूत सरकार होती है तभी देश में एयर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लिये जाते है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में भारत के हक का पानी पाकिस्तान जाता रहा लेकिन राजस्थान और बीकानेर एक एक बुंद के लिये तरसता रहा इससे पहले कल करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के हिण्डौन सिटी में जनसभा को सम्बोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने आतंक के विरूद्व अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आतंकवादी मसूद अजहर का जिक करते हुए कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद के सरगनाओं पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद यह तीसरी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है सीकर में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिये उनकी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया है उधर कल जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने आमेर विधानसभा में जनसंपर्क कर चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक काम किये है

कल भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को बडा नुकसान हुआ है श्री गांधी ने कहा कि न्याय योजना से गरीब परिवार सशक्त होंगे

कल जयपुर में विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री अब विश्व का एजेंडा निर्धारित करने वाले नेता बन गए हैं उन्हॉने कहा कि विश्व में योग की गूंज भी प्रधानमंत्री की ही देन है

श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे सवा दो लाख लोगों को वापस लाने में सफलता हासिल की है

साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को भी दो मामलों में क्लीनचिट दी है आयोग ने प्रधनमंत्री मोदी के महाराष्ट्र के नांदेड़ और बनारस में दिए गए भाषणों और न्यूज चैनल को दिए गए साक्षात्कार को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है

यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में कल सुबह साढे ग्यारह बजे आयोजित किया जाएगा

चित्तौडगढ़ जिले के निम्बाहेडा उपखण्ड के ग्राम पंचायत जलिया में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने मौके पर पहंचकर परिजनों को पाबंद किया

इससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है दौसा जिले में कल तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर टीन टप्पर उड़ गए वहीं ग्रामीण इलाकों में कई पेड़ गिरने की सूचना है